मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में समी स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों की सभी परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी से बचाव के लिए इटली से सबक लेते हुए सभी जरूरी इंतजाम तत्परता के साथ शुरू किए जाएं चिकित्सा और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद ऊर्जा सभी विद्युत निगम जलदाय स्वायत्त शासन नगरीय निकाय गृह तथा पुलिस कारागार वित्त खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग आपदा प्रबंधन पंचायती राज सूचना और प्रौद्योगिकी कार्मिक विभाग शहरी बस निगम स्टेट मोटर गैराज सूचना और जन सम्पर्क विभाग बंद नहीं रहेंगे

इस दौरान कर्मचारियों का अवकाश नहीं रहेगा और वे मुख्यालय भी नहीं छोड़ सकेंगे श्री गहलोत ने प्रदेश में संचालित सभी स्पा क्लब बार आदि को आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं साथ ही फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को वर्क फ्रोम होम की सुविधा तथा संवैतनिक अवकाश दिए जाए

कर्मचारी चयन आयोग ने भी कल से लेकर आगामी दिनों में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है

उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चार चरणों में फैलने वाली यह बीमारी आमजन के सहयोग से दो चरणों में कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई है लेकिन तीसरे और चौथे चरण में यह समुदायों और समूहों में फैलती है उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे आगामी दो सप्ताह कोरोना से जुड़ी एडवाइजरी का पालन करेंगे तो कोरोना को आसानी से मात दी जा सकेगी डॉ शर्मा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले सभी यात्रियों की गहन स्क्रीनिंग की जा रही है सभी यात्रियों का सैंपल लेकर उन्हें होटलों में जब तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक ठहराने की व्यवस्था की गई है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें घर भेजा जाएगा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पॉजीटिव आने वाले मरीजों को चिन्हित कर उनके घरों पर भी इस संबंध में सूचना चस्पा की जाएगी ताकि आस पड़ोस के लोग उनसे नहीं मिले और संक्रमण का खतरा कम से कम हो उन्होंने आमजन से भीड़भाड़ के क्षेत्रों में कम से कम जाने जब तक जरूरी ना हो सार्वजनिक यातायात का उपयोग लेने कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने सहित कई तरह की अपील भी की है

डॉ भार्गव ने कहा कि सामुदायिक संक्रमण की जांच और तेज की जा रही है

आदेश में कहा गया है कि सभी विभागों के प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि वे समूह बी और सी के कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक रोस्टर बनाएं और उन्हें एक हफ्ते के अंतराल पर कार्यालय आने का निर्देश दें

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है